बिहार में बनेगा देश का पहला रूरल इन्क्यूबेशन सेंटर

मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति और आवासीय के साथ ही अन्य प्रमाण पत्र अब गांव में ही मिलेंगे रक्सौल के हरसिद्वी में एक जनसभा को संबोधित करते हुये उन्होंने यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये पंचायत सरकार भवन में ही लोक सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है जहां पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी बैठेंगे साथ ही मुखिया और सरपंच भी इसी भवन में अपना कार्य करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले डीजिटल पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन भी किया बिहार में देश का पहला रूरल इन्क्यूबेशन सेंटर बनेगा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये बनने वाले इस सेंटर में अण्डा उत्पादन बकरी पालन मछली पालन औषधीय कृषि और दूध उत्पादन के बारे में जानकारी देने के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जायेगी डीजिटल इन्क्यूबेटिंग बिहार को ऑपरेटिव सोसायटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सिवान गोपालगंज नवादा नालंदा शेखपुरा जमुई सासाराम मुजफ्फरपुर बेत्तिया और मोतिहारी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेंटर खोले जायेंगे उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर आम सहमति बनाने और इसे पारित करने की अपील की है नई दिल्ली में महिला अधिकारिता से संबंधित नीति आयोग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सफल साबित हुआ है उपराष्ट्रपति ने कहा कि मजदूरी में अंतर या कैरियर विकास के लिए कम अवसर मिलने सहित महिलाओं के प्रति सभी तरह का भेदभाव खत्म होना चाहिए राज्य के किसानों के बिजली कनेक्शन देने के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया है इसके तहत एक वर्ष में तीन लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जायेगा कनेक्शन देने के लिये हर प्रखण्ड में प्रत्येक बुधवार को विशेष कनेक्शन शिविर लगाये जा रहे हैं आवेदन के सात दिनों के भीतर कनेक्शन दे दिया जायेगा बिजली कनेक्शन लेते समय किसी भी तरह की राशि नहीं देनी है पैसा दस किस्तों में देना होगा इसके लिये राज्यभर के किसान आवेदन कर सकते हैं किसान चाहें तो ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जीविका द्वारा उपजाये आलू की न्यूनतम कीमत तय करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें उपज का सही दाम मिल सके पूर्वी चंपारण जिले के सोनबरसा में जीविका दीदीयों द्वारा अनुबंध पर आलू की खेती के मॉडल का निरीक्षण करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने पराली जलाने के भयानक परिणामों के बारे में किसानों को समझाने के लिए जीविका कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता लेने को कहा है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे द्वारा सीलिगुड़ी से बांगलादेश के रास्ते सीयालदाह के लिये ट्रेन चलाने की योजना तैयार की गयी है यह पुराना रेल ट्रैक है जिसपर बांगलादेश की स्वतंत्रता के पूर्व तक ट्रेन का परिचालन जारी था राज्य के हर जिले के एक स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा मिलेगा इन स्कूलों का चयन हो गया है संबंधित जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे वहां संसाधन बढ़ायें और रिजल्ट में सुधार सुनिश्चित करें पटना में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांकीपुर को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जायेगा इन अड़तीस स्कूलों में फिलहाल तैंतालीस हजार चार सौ अड़तीस छात्र पढ़ रहे हैं बरौनी बिजली केंद्र को एनटीपीसी खरीदने जा रही है एनटीपीसी के ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार इस बिजली परियोजना में एक सौ दस एक सौ दस मेगावाट की दो इकाईयां है जबकि दो सौ पचास दो सौ पचास मेगावाट की दो इकाईयां बनायी जा रही हैं उन्होंने कहा कि इन इकाईयों को चरणबद्ध तरीके से परिचालन में लाया जायेगा मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तुफान पेथाई के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में आज और कल बारिश हो सकती है साथ ही ठंड और बढ़ने की संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज गया और भागलपुर में गरज के साथ बारिश हो सकती है जबकि पटना और पूर्णिया में बादल छाये रहेंगे तेज हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ेगा और पारे में दो डिग्री तक की गिरावट आ सकती है पुनपुन में आज से अंतरराष्ट्रीय पौष खरमास पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव आज इस मेले का उद्घाटन करेंगे एक महीने तक चलने वाले इस मेले को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गयी है पुनपुन अंतरराष्ट्रीय खरमास मेले में अपने पूर्वजों को पिण्ड दान करने के लिये देश विदेश के हजारों श्रद्धालु पुनपुन पहुंच चुके हैं पुनपुन में पिण्ड दान करने के बाद गया में पिण्ड दान करने की परंपरा है बोधगया के महाबोधि मंदिर में विश्व शांति और सभी जीवों के कल्याण के लिये कल से काग्यू मोनलम पूजा शुरू हयी अध्यात्मिक बौद्ध धर्म गुरू दलाई लामा की अगुवाई में शुरू हुयी इस प्रजा में देश विदेश से आये हजारों बौद्ध श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं इस मौके पर तिब्बती बौद्ध धर्मावलंवियों की काग्यू परंपरा के अध्यात्मिक गुरू सत्रहवें करमापा उज्ञेन थिनले थाय दोरजे भी उपस्थित थे सात दिनों के इस आयोजन में भाग लेने के लिये यूरोप एशिया दक्षिण और उत्तर अमेरिका आस्ट्रलिया नेपाल भूटान और वियतनाम समेत कई देशों के सैलानी बोधगया पहुंचे हैं केंद्र सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये उद्योग जगत में कदम रख रही महिलाओं के पेटेंट आवेदनों को जल्द से जल्द मंजूरी देने का फैसला किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाले औद्योगिक नीति और संवर्द्वन विभाग डीआईपीपी ने इसके लिये पेटेंट नियम दो हजार तीन में संशोधन का मसौदा पेश किया है राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से पुलिस ने एक व्यक्ति को दस कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि हवाईअड्डे पर संदेह के आधार पर सुरक्षाकर्मियों ने एक व्यक्ति की तलाशी ली इस दौरान उसके पास से दस कारतूस बरामद किये पुलिस उससे पूछताछ कर रही है बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में पंद्रह सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की हड़ताल बारहवें दिन भी जारी है वहीं अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के अवाहन पर ग्रामीण डाक सेवक आगामी अठारह दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे डाक कर्मी कर्मचारी कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं सीतामढ़ी जिले में बेलसंड थाना के भंडारी गांव में आग लगने से सत्रह घर जलकर नष्ट हो गये इस दुर्घटना में करीब पांच लाख रूपये की संपत्ति के जलकर नष्ट होने का अनुमान है घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नही है सीवान जिले के बसतपुर थाना क्षेत्र के बसांव नगरी टोला से पुलिस ने तीन हजार चार सौ पैंतालीस बोतल हरियणा और अरूणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब बरामद की है साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है वहीं जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी के पास से पुलिस ने दो सौ तिरानवे कार्टन हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद की है राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट टैंपो स्टैंड के पास अपराधियों ने एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है मामले की छानबीन की जा रही है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सच को किसी श्रंगार की जरूरत नहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है सूबे में खूलेंगे पांच नये मेडिकल कॉलेज प्रभात खबर लिखता है आज तीन राज्यों में सीएम की शपथ दिखेगी विपक्षी एकता दैनिक भास्कर ने लिखा है नवादा में झोपड़ी में लगी आग सो रहे तीन बच्चे जिंदा जले

बिहार में बनेगा देश का पहला रूरल इन्क्यूबेशन सेंटर